मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा राज्य के अनछुए स्थलों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेगी सरकार किन्नौर ज़िले के नाको में जनमंच कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जन समस्याएं सुनीं प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून सक्रिय वर्षा से किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद सोलन ज़िले में कुमारहट्टी के समीप आज दोपहर बाद एक बहुमंज़िला इमारत के गिरने से दो लोगों की मौत हो गई

इसके अलावा भवन मालिक के परिवार और अन्य कर्मचारियों के भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है सोलन से हमारे प्रतिनिधि लक्ष्मी दत्त शर्मा के अनुसार घायलों को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल धर्मपुर में भर्ती करवाया गया है प्रशासनिक अमला व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की टीम मौके पर मौजूद है और पिंजौर से एनडीआरएफ की टीम भी राहत कार्यो के लिए बुलाई गई है समाचार लिखे जाने तक राहत व बचाव कार्य युद्धस्तर पर जारी है और मलबे में दबे लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कुमारहट्टी में भवन ढहने की घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि लोगों को सुरक्षित बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार मण्डी ज़िले के जंजैहली क्षेत्र को देश के सबसे लोकप्रिय इको पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने के लिए प्रतिबद्व है जंजैहली में आज पर्यटन उत्सव के समापन समारोह में उन्होंने कहा कि मनमोहक दृश्यों व प्राकृतिक सौदर्य के कारण इस क्षेत्र में पर्यटन के व्यापक अवसर मौजूद हैं मुख्यमंत्री ने राज्य के अन्य अनछुए गंतव्यों को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर बल दिया जयराम ठाक्र ने कहा कि सरकार जंजैहली पर्यटन उत्सव को और आकर्षक बनाने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेगी इस दौरान मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विद्यत उपकेन्द्र राजकीय विद्यालय जरोल में विज्ञान प्रयोगशाला और लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह का भी शिलान्यास किया सांसद राम स्वरूप शर्मा सहित कई अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे बिक्रम ठाकुर उद्योग मंत्री बिक्रम ठाक्र ने कांगड़ा ज़िले के स्टोन क्रशरों का पुलिस व प्रशासन की टीम के साथ आज औचक निरीक्षण किया

उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार अवैध खनन रोकने के लिए प्रतिबद्ध है और नियमों की अवहेलना बिल्क्ल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी उन्होंने कहा कि प्रदेश में गैर कानूनी खनन गतिविधियों को रोकने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की जाएगी बिक्रम ठाक्र ने बताया कि नदी के किनारों पर अवैध खनन गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे पर्यावरण दूषित हो रहा है ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि विश्व को भारतीय योग से परिचित करवाने में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अहम भूमिका रही है सोलन जिले के कठनी में योग साधना शिविर के दौरान उन्होंने कहा कि विश्व योग दिवस आज दुनियाभर में मनाया जाता है और हर वर्ष इसमें भाग लेने वाले देशों की संख्या में वृद्धि हो रही है वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनियों ने जो जीवन पद्वति विकसित की थी वह आज भी प्रासंगिक है राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज लुधियाना में प्रशासनिक सेवा परीक्षा में चयनित प्रतिभागियों के अभिनन्दन समारोह की अध्यक्षता की उन्होंने सफल युवा अधिकारियों से हमेशा पुस्तकों से जुड़े रहने और सच्चाई के मार्ग पर चलकर राष्ट्रसेवा करने का आहवान किया राज्यपाल ने कहा कि गरीबों और कमज़ोर वर्गों के लोगों की सेवा ही मानवता की सेवा है

उन्होंने कहा कि नए सदस्य बनाते समय गुणवत्ता और संख्या दोनों का ध्यान रखा जाएगा किन्नौर ज़िले में हंगरंग घाटी के नाको में आज जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने जनसमस्याएं सुनकर अधिकांश का मौके पर ही निपटारा किया इस अवसर पर बिंदल ने कहा कि जनमंच सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इसके माध्यम से जनता व सरकार के बीच सीधा संवाद होता है उन्होंने अधिकारियों को जन शिकायतों का निपटारा निर्धारित समय अवधि में करने के निर्देश दिए

प्रदेश विधानसभा की प्राकलन समिति की एक बैठक केलंग में हुई इस दौरान सदस्यों ने लाहौल स्पीति जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की समिति के अध्यक्ष रमेश ध्वाला ने अधिकारियों को सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए उन्होंने जिले में पर्यटन विकास के लिए मूलभूत ढांचा मजबूत करने की ज़रूरत पर बल दिया उपायुक्त कमलकांत सरोच ने बताया कि समिति द्वारा दिए दिशा निर्देशों पर कड़ाई से अमल किया जाएगा राज्य सरकार ने जैव प्रौद्योगिकी में केन्द्र से कौशल विकास के लिए साढ़े चार करोड़ रूपए की परियोजना हासिल की है इसका उददेश्य जमा दो और स्नातक विद्यार्थियों को जैव प्रौद्योगिकी के उपकरणों और तकनीक का गुणवत्तायुक्त प्रशिक्षण देना है प्रदेश विज्ञान प्रौद्योगिकी व पर्यावरण परिषद के सदस्य सचिव डीसी राणा ने बताया कि ये परियोजना जीव विज्ञान क्षेत्र कौशल विकास परिषद और अन्य सहयोगी संस्थानों के सहयोग से लागू की जाएगी सिरमौर जिले में भारी बारिश के चलते गिरी नदी का जल स्तर बढ़ने से इस पर बने जटोण विद्युत परियोजना बांध के गेट खोल दिये गये हैं प्रशासन ने इस संबंध में अलर्ट जारी कर लोगों को नदी के किनारे न जाने की चेतावनी दी है प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मॉनसून की वर्षा का क्रम रूक रूक कर जारी है

इधर राजधानी शिमला व इसके साथ लगते क्षेत्रों में भी आज दिन के समय हल्की वर्षा हुई